इस बार मंदिर के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी प्रतिमाओं की स्थापना बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संदेश कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकज़्ट होकर लड़ रहा है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

उनके पार्थिव शरीर को हवाई अड्डे से सीधे बिहार विधान मंडल परिसर ले जाया जायेगा उसके बाद पार्थिव शरीर लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय ले जाया जायेगा जहां लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे कल पटना के दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार किया जायेगा उनके अंतिम संस्कार में केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहेंगे इससे पहले आज दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत केन्द्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने दिवंगत मंत्री के आवास जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों को सांत्वना दी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी है केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अमित शाह रविशंकर प्रसाद प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी दिवंगत नेता के निवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी श्री पासवान के निवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की कांग्रेस नेता राहुल गांधी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी दिवंगत नेता के निवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी रामविलास पासवान का स्मरण करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि श्री पासवान ने अपने पूरे जीवनकाल में देश के वंचितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों और मुद्दों के प्रति संघर्ष किया

मंत्रिमण्डल में वह बहुत सक्रिय रहते थे जिंदगी उन्होंने इन्हीं विषयों के लिए खपा दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी पर उनका बहुत विश्वास था और हमेशा उनकी तारीफ वो करते थे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि श्री पासवान गरीबों की चिंता करने वाले नेता के रूप में याद किए जाएंगे

गरीबों की चिंता करने वाले समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने वाले और साथ ही साथ वह किसी भी सरकार में मंत्री रहे लेकिन सभी पार्टियों में बराबर की दोस्ती सबको साथ लेकर के चलना मृदुभाषी सबके साथ सरल स्वभाव के साथ मिलना और समाज के प्रति अपनी कमिटमेंट अपने समर्पण के साथ उन्होंने जीवन जिया है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर शोक व्यक्त किया है मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान दिवंगत नेता की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया बैठक में पारित प्रस्ताव में मंत्रिमंडल ने कहा कि श्री पासवान के निधन से राष्ट्र ने प्रमुख नेता विशिष्ट सांसद और सक्षम प्रशासक खो दिया है इधर दिवगंत नेता के सम्मान में आज राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को रामविलास पासवान के निधन के बाद उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री गोयल को उनके मौजूदा विभागों के अलावा इस मंत्रालय का प्रभार सौंपे जाने का आदेश जारी किया है बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है इन निर्वाचन क्षेत्रों में तीन नवंबर को मतदान होगा बिहार के अपर मुख्य चुनाव अधिकारी बाला मुरूगन ने बताया कि सत्रह जिलों के चौरानवे निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है

इस चरण में जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं उनमें से पटना और नालंदा को छोड़कर बाकी सभी जिले उत्तर बिहार के हैं इन जिलों में सीतामढ़ी शिवहर मध्रबनी दरभंगा मुजफ्फरपुर गोपालगंज सीवान सारण वैशाली समस्तीपुर बेगूसराय खगड़िया भागलपुर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण शामिल हैं

वहीं पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा विधानसभा क्षेत्र से कृष्णार्जुन कुशवाहा और पटना के मनेर से रघुवीर महतो ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा है मुजफ्फरपुर के मीनापुर से निर्दलीय विजय कुमार सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया अठाईस अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गयी इस चरण के तहत सोलह जिलों की इकहत्तर विधानसभा सीटों पर मतदान होना है प्रत्याशी बारह अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं पहले चरण में एनडीए की ओर से जदयू के चार मंत्री समेत पैंतीस प्रत्याशी हैं जबकि भाजपा से उनतीस हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा से छह और विकासशील इंसान पार्टी से एक उम्मीदवार मैदान में हैं वहीं महागठबंधन की ओर से राजद से बयालीस कांग्रेस से इक्कीस और माले से आठ प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है इस चरण में दस उम्मीदवारों ने ऑनलाइन नामजदगी का पर्चा भरा है विकासशील इंसान पार्टी ने दो विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है अलीनगर से मिश्री लाल यादव और केवटी से हरि सहनी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है इधर शिव सेना और राष्ट्रवादी कांगेस पार्टी एनसीपी ने विधानसभा चुनाव में पचास सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है बरबीघा से लोजपा प्रत्याशी मध्रकर कुमार के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है उनपर कोविड उन्नीस के लिए निर्धारित प्रोटोकोल का पालन नहीं करने का आरोप है रोहतास जिले के उग्रवाद प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में स्थित आठ मतदान केन्द्रों को स्थानांतरित करने की प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेजा गया है उप निर्वाचन पदाधिकारी सत्य प्रिय कुमार ने बताया कि इनमें सात मतदान केन्द्र चेनारी सुरक्षित और एक सासाराम क्षेत्र के हैं अभी अभी खबर मिली है कि केन्द्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के दिवंगत नेता रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पटना हवाई अड्डा पहुंच गया हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धासमुन अर्पित किये हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि उनके पार्थिव शरीर को बिहार विधान मंडल परिसर लाया जा रहा है कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे और विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने दुर्गापूजा के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये हैं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूजा संबंधी किसी भी कार्यक्रम से चुनाव आचार संहिता और निर्वाचन आयोग के किसी निर्देश का उल्लंघन न हो जारी निर्देश में कहा गया है इस बार नवरात्र में कहीं भी पंडाल और मंदिर से बाहर प्रतिमा स्थापित नहीं होगी मंदिर में पूजा पंडाल और मंडप का निर्माण किसी विशेष विषय पर नहीं किया जायेगा सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली मेला खाद्य पदार्थ के स्टॉल सामुदायिक भोज प्रसाद वितरण और सार्वजनिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे रावण दहन गरबा डांडिया रामलीला जैसे कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर नहीं किये जा सकेंगे मेले का आयोजन भी नहीं होगा वहीं विसर्जन जुलूस की अनुमति भी नहीं दी गयी है पूजा आयोजकों को कोविड के संक्रमण को देखते हुए सेनिटाइजर की व्यवस्था और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करवाना होगा साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है प्रदेश में अब तक एक लाख इक्यासी हजार सात सौ इक्यासी कोविड रोगी स्वस्थ हो चूके हैं स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव सात नौ प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि एक दिन में एक हजार चार सौ चोबीस रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी वहीं इसी अवधि में पांच मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर नौ सौ चांतीस हो गयी है देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर पचासी दशमलव पांच दो प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान लगभग अठहत्तर हजार लोगों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गयी अब तक उनसठ लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं वहीं इसी अवधि में नौ सौ चौंसठ मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक लाख छह हजार चार सौ नब्बे हो गया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बताए गये तीन उपाय आने वाले त्यौहारी और बदलते मौसम में काफी महत्वपूर्ण हैं

अगर हमें इन केसेज को कम करना है तो ये जो तीन चीजें हैं छह फीट की दूरी जब भी हम बाहर जाएं तो अच्छी तरह से अपना नाक और मुंह ढक के मास्क लगाएं जिससे मास्क जो है हमें भी सुरक्षित करे और हम औरों को इन्फेक्शन न दें और अपने हाथ रेग्युलरली धोएं चाहे साबुन से धोएं चाहे हेंड सेनिटाइजर से इन तीनों चीजों को करने से कोविड के केसेज कम होंगे और हम इस लड़ाई में जरूर जीतेंगे

मैं हूं मालिनी अवस्थी त्यौहार आने वाले है हम सबके घर परिवार समाज देश की रौनकें आने वाली है इस उत्सव के मौके पर हमें कोविड से और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है आइये कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हो तीन बातों का हमेशा ध्यान रखे एक तो मास्क जरूर पहने हाथ साफ करते रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और दो गज की दूरी बनाए रखे

रेलवे ने टिकट बुकिंग के लिए कल से प्री कोविड सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है इसके तहत ट्रेन के स्टेशन से खुलने से तीस मिनट पहले भी टिकट की बुकिंग हो सकेगी रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ऑनलाइन के साथ साथ टिकटों की बुकिंग काउंटरों से भी होगी कोरोना महामारी को देखते हुए इस समय सिर्फ स्पेशल ट्रेनें ही चलायी जा रही हैं इधर त्योहारों के मद्देनजर रेलवे ने उनतालीस जोड़ी नई स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है ये ट्रेनें पन्द्रह अक्टूबर से तीस नवम्बर के बीच चलेंगी चारा घोटाले के सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को झारखंड उच्च न्यायालय ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत दे दी है इस मामले में आधी सजा पूरी कर लेने के आधार पर उन्हें न्यायालय ने जमानत दी है हालांकि लालू प्रसाद अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि उन्हें इसके लिए दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में भी जमानत लेनी होगी समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामापुर महेशपुर गांव के पास आज शाम अपराधियों ने एक बैंक के ग्राहक सेवा संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी और दो लाख तीस हजार रूपये लूट लिये मुंगेर जिने के मुफस्सिल थाना अंतर्गत पुलिस ने छापेमारी कर तीन हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है मौके से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी बरामद किये गये हैं

मुख्यमंत्री समेत अनेक गणमान्य लोगों ने दी भावभीनी श्रद्वांजलि

इस बार मंदिर के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी प्रतिमाओं की स्थापना